गलगलिया में एक सौ चालीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर कर अंठावन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग ने आज रोहतास जिले में एक संक्रमित मरीज की मृत्यु की पुष्टि की वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ अस्सी नये मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार आठ सौ से अधिक हो गई है राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक उनतीस नए मामले भोजपुर के हैं वहीं भागलपुर में तेईस पटना में अठारह मधेपुरा और लखीसराय में पन्द्रह पन्द्रह बक्सर में बारह औरंगाबाद में नौ नवादा में आठ किशनगंज में छह जमुई और जहानाबाद में पांच पांच सुपौल में चार पश्चिम चंपारण सारण समस्तीपुर मुजफ्फरपुर अरवल और दरभंगा में तीन तीन बांका बेगूसराय कैमूर और मधुबनी में दो दो कटिहार खगड़िया गोपालगंज पूर्णिया और सीवान में एक एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है लगभग अठहत्तर प्रतिशत लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक छह हजार नौ सौ तीस कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं देशभर में कोविड उन्नीस महामारी के अठारह हजार पांच सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या पांच लाख आठ हजार नौ सौ तिरपन हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक दो लाख पंचानवे हजार आठ सौ इक्यासी लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर अंठावन दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है वहीं महामारी से अब तक पन्द्रह हजार छह सौ पचासी लोगों की मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्वाओं के बल पर पूरी दृ ढ़ता से कोविड उन्नीस से लड़ रहा है श्री मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुये कहा कि लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत कोरोना संक्रमण के मामले में आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छियासठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन को समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश में किशनगंज अररिया और पश्चिम चम्पारण जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज के गलगलिया में एक सौ चालीस मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी वहीं जिले के तैयबपुर और ठाकुरगंज में सौ मिलीमीटर वर्षा हुई है अररिया पश्चिम चम्पारण बेगूसराय मध्रबनी समस्तीपुर रोहतास औरंगाबाद सहित आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है जिसके चलते राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले दो दिनों तक राज्यभर के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा की सम्भावना है बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है इसे देखते हये राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है लोगों से कहा गया है कि वे पेड़ों के नीचे आश्रय न ले राज्यभर की विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा और परमान नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है वहीं सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी ढ़ेंग में खतरे के निशान को पार कर गयी है जबकि कटौंझा में यह लाल निशान से केवल दस सेंटीमीटर नीचे हैं अधवारा समूह और लाल बकैया नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है अररिया जिले में परमान नदी उफान पर है आज इसका जलस्तर लाल निशान से अड़तालीस सेंटीमीटर अधिक दर्ज किया गया इधर कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज तथा रून्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न घटों पर तेजी से बढ़ रहा है प्रनप्रन और सोन नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है इधर कमाल बलान का जलस्तर मध्रबनी जिले के जयनगर और महानंदा नदी का जलस्तर प्रर्णियां जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है प्रदेश में अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के उल्लघंन के मामले में अब तक छियासठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक बीस हजार पांच सौ बासठ वाहनों की जब्ती की गयी है उल्लंघन करने वाले लोगों से पांच लाख तीस हजार से अधिक रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के बाबा गरीबनाथ मंदिर में होने वाला श्रावणी महोत्सव इस वर्ष कोविड उन्नीस संक्रमण के मददेनजर रद्द कर दिया गया है आयूष विभाग ने कहा है कि आयूर्वेदिक दवाओं का उपयोग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है जो कोविड उन्नीस महामारी से बचाने में काफी मददगार होती है अखिल भारतीय आयूर्वेद संस्थान की प्रोफेसर तनूजा नेसारी ने आकाशवाणी को बताया कि आयुर्वेद में इम्युनिटी बढ़ाने के कई उपाय है

पहले मामले में ब्यूरो ने अट्ठाईस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है आरोपितों में भागलपुर के जिलाधिकारी रहे के पी रमैया नजारत के उप समाहर्ता विजय कुमार नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव सृजन संस्था की प्रबंधक सचिव सरिता झा अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक शंकर प्रसाद दास संयुक्त प्रबंधक वरुण कुमार शाखा प्रबंधक गोलक बिहारी पंडा शाखा प्रबंधक आनंद चंद्र गदाई के अलावा सुजन की पूर्व सचिव मनोरमा देवी शामिल हैं मनोरमा देवी की मृत्यु हो चुकी है दूसरे मामले में तेरह और तीसरे मामले में उन्नीस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है वर्ष दो हजार सत्रह में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी अभी तक जांच एजेंसी पच्चीस मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है फसल को क्षति पहंचाने वाले टिडि़डयों का दल पश्चिम चम्पारण जिले में पहंच गया है पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के बेरिया और नौतन होते हुये टिड्डियों का दल गौनाहा और नरकटियागंज की ओर बढ़ गया है टिडि़डयों के प्रकोप से बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है जबकि स्थानीय लोग तेज ध्वनि के साधनों का उपयोग कर फसल को क्षति पहुंचाने वाले इन जीवों को भगा रहे हैं गौरतलब है कि कल इन कीटों का दल मुजफ्फरपुर होते हुये कैमूर सीवान और गोपालगंज पहुंचा था हजारों की संख्या में टिड्डी दल के आने से धान के बिचड़े के नष्ट होने की खबर है इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि टिड़िडयों की रोकथाम के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पश्चिम चम्पारण और मधुबनी जिले में गन्ने के खेतों पर टिड्डियों को देखा गया है कृषि विभाग के अधिकारी पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाये हुये हैं प्रदेश में आज से नये राशन कार्ड का घर घर वितरण शुरू हो गया है राज्य सरकार ने राशन कार्ड का वितरण पन्द्रह जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है राज्य में नये राशन कार्ड लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत बनाये गये है खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में लगभग तेईस हजार परिवारों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया जायेगा वहीं शेखपुरा में ग्यारह हजार कार्ड वितरण का लक्ष्य है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पहली बार लकड़ी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने से राज्य को किसानों को लाभ मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि कृषि वानिकी का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति में कई प्रकार की छूट दी गयी है केन्द्र सरकार ने उस खबर का खण्डन किया है जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी किया है पत्र सूचना कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ऐसा कोई भी पत्र किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है केन्द्र सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को पन्द्रह जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह रोक अन्तरराष्ट्रीय कारगो विमान और डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगी राज्य में आगामी उनतीस तारीख तक ऑनलाईन दाखिल खारिज ऑनलाईन लगान और परिमार्जन का कार्य स्थगित रहेगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सर्वर मेंटेनेन्स के कारण ये सभी कार्य स्थगित हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष बिजेन्द्र यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है श्री यादव भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार्रबाइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत मुस्तफापुर गांव में पुलिस ने एक ट्रक से पांच हजार लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जब्त की गयी शराब की कीमत पच्चीस लाख रूपये बतायी जा रही है वहीं गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अट्ठाईस से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से तीन सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत पन्द्रह लाख रुपये से अधिक बतायी जाती है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर कर अंठावन हुई

गलगलिया में एक सौ चालीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी